रफाल लडाकू विमान विधिवत रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्घाटन किया उन्होंने ई गोपाला ऐप की भी शुरूआत की यह मत्स्य पालन संवर्धित मत्स्य बीज विपणन केंद्र और सम्बद्ध सूचना पोर्टल है इस अवसर पर श्री मोदी ने बिहार में मत्स्य पालन और पश्पालन क्षेत्रों से संबंधित अनेक कार्यक्रमों की शुरूआत की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक ऐसा अग्रणी कार्यक्रम है जिसमें मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास पर अधिक ध्यान दिया गया है

श्री मोदी ने कहा कि अगले चार पांच वर्षो में इन योजनाओं पर बीस हजार करोड़ रुपये से अधिक धनराशि खर्च होगी प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सुविधाओं के माध्यम से मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र को नये आधार आधुनिक साजो सामान और नये बाजार मिलेंगे उन्होंने कहा कि देश के सभी भागों में मछली के व्यापार को ध्यान में रखते हुए पहली बार इस तरह की एक बड़ी योजना तैयार की गई है मछली से जुड़े व्यापार कारोबारको देखने के लिए अब अलग से मंत्रालय भी बनाया गया है इससे भी हमारे मछुआरे साधियाँको मछती के पालन और व्यापार से जुड़े साथियों को सुक्षिया हो रही है लस्प यह भी हैकि आने वाले तीन चार साल में मछती निर्यात को दोगुनाकिया जाए इससे सिर्फफिशरिश सेक्टर में ही रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राशि सीधे तौर पर देश के दस करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में जमा करा दी जाएगी प्रधानमंत्री ने कहा कि ई गोपाला ऐप एक डिजिटल माध्यम है जिससे मवेशी मालिक अच्छी नस्ल के मवेशियों का चुनाव कर सकेंगे इस ऐप से उन्हें मवेशियों के स्वास्थ्य और चारा से संबंधित सभी सूचनाएं प्राप्त होंगी ई गोपाला ऐप एकऐसा ऑनलाइन डिजिटल माध्यम होगा जिससे पशुपालकों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी वेऐप पशुपालकों को उत्पादकता से लेकर उसके स्वास्थ्य और आहार से जुड़ी तमाम जानकारियांदेगा हमारे किसान को ये पता चल पाएगा कि उनके पशु को कब क्या जरूरत है और अगर वोबीमार है तो उसके लिए सस्ता इलाज कहां उपलब्ध है यही नहीं येऐप पशु आधार से भी जोड़ा जा रहा है इससे पशुपालकों को जानवर खरीदने बेवने में भी उतनी ही आसानी होगी रफाल लड़ाकू विमान को कल अंबाला के वाय्सेना केन्द्र में आयोजित एक समारोह में विधिवत भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया इसके लिए विशेष रूप से आयोजित समारोह में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षामंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी उपश्थित थी इस अवसर पर रक्षामंत्री ने कहा कि इन विमानों को भारतीय वायू सेना में शामिल किया जाना एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण है उन्होंने कहा कि रफाल विमानों की खरीद के फैसले ने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा ही बदल दी फ्रांस के साथ रफेल डील भारतकी नेशनल सिक्यूरिटी में एक गेम चेंजर है

श्री सिंह ने देश की सम्प्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के मुद्दे पर कोई भी समझौता न करने का संकल्प दोहराया उन्होंने यह भी कहा कि सेनाओं को सुदृढ़ करने का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांतिऔर स्थिरता बनाए रखना है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत कई नीतिगत सुधार किए गए हैं और सामरिक साझेदारी मॉडल के अंतर्गत रक्षा उपकरणों का निर्माण किया जा रहा है

इसके अलावा उत्तर प्रदेश और तमिलनाड् में दो रक्षा गलियारे स्थापित किए जा रहे हैं

मुख्यमंत्री ने प्रयागराज लखनऊ कानपुर नगर और गोरखपुर पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि प्रयागराज में कृंभ के समय निर्मित किये गये इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टर को कोविड कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टर के तौर पर संचालित किया जाये

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल केन्द्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हरदीप सिंह पूरी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की इस बैठक में अयोध्या चित्रकूट और सोनभद्र के म्योरपूर एयरपोर्ट के विकास कार्यो और अवस्थापना सुविधाओं के संबंध में चर्चा की गई

राज्य में बेहतर हवाई कनेक्टिविटी हो जाने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होने के साथ प्रदेश का तेजी से विकास होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामलों में कड़ा रूख अपनाते हए प्रयागराज के निलम्बित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमिषेक दीक्षित और महोबा के निलम्बित पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार की सम्पत्तियों की जांच विजिलेंस के माध्यम से कराये जाने के निर्देश दिये हैं गृह विभाग के प्रवक्ता के अनुसार शासन द्वारा इस संबंध में पुलिस महानिदेशक को अपेक्षित कार्रवाई के निर्देश भेज दिये गये हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर और गाजीपुर सहित कई अन्य जनपदों में कुछ ग्राम पंचायतों में पल्स आक्सीमीटर और इंफ्रारेड थर्मामीटर की बाजार मूल्य से अधिक दर पर खरीद करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच के लिये एसआईटी के गठन के निर्देश दिये हैं सरकारी प्रवक्ता के अनुसार अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार को टीम का अध्यक्ष बनाया गया है सचिव चिकित्सा शिक्षा अमित गुप्ता और सचिव नगर विकास तथा जल निगम के प्रबंध निदेशक विकास गोठलवाल को इस कमेटी में सदस्य नामित किया गया है यह एसआईटी पूरे प्रकरण की दस दिन में जांच कर अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करेगी गौरतलब है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में पल्स ऑक्सोमीटर इंफ्रारेड थर्मामीटर और सैनेटाइजर की खरीद करने के निर्देश दिये गये थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार के मामलों पर कड़ी कार्रवाई के क्रम में कल शाहजहांपुर उप संभागीय परिवहन कार्यालय पर छापा मारा गया